अब समाचार विस्तार से पीएम लाइट हाउस प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज सुबह ग्यारह बजे वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के इंदौर सहित छह राज्यों के छह शहरों में वैश्विक आवासीय प्रौद्योगिकी चुनौती जीएचटीसी मारत के तहत लाइट हाउस परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे प्रधानमंत्री भारत में सस्ते और टिकाऊ आवासीय उत्प्रेरक आशा के तहत विजेताओं की घोषणा भी करेंगे और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को लागू करने में उत्कृष्टता के लिए वार्षिक पुरस्कार भी प्रदान करेंगे

आवासन और शहरी मामलों के मंत्री तथा त्रिपुरा झारखंड उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश गुजरात तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के मुख्यामंत्री भी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे लाइट हाउस परियोजनाओं के माध्यम से देश में पहली बार नये यूग में वैकल्पिक प्रौद्योगिकी सामग्रियों और प्रक्रियाओं के उपयोग से बडे स्तर पर निर्माण की झलक पेश की जायेगी इस तरह के निर्माण कार्य मध्यप्रदेश के इंदौर गुजरात के राजकोट तमिलनाडु के चेन्नेई झारखंड में रांची त्रिपुरा में अगरतला और उत्तर प्रदेश में लखनऊ में किये जा रहे हैं हर जगह इस तरह के एक हजार आवासों का निर्माण होगा यह निर्माण कार्य बारह महीने के अंदर पूरे कर लिये जाने की संभावना है जबकि सामान्य रूप से इसमें अधिक समय लगता है साथ ही ऐसे निर्माण में कम लागत आयेगी वे दीर्घकालिक और उच्च गुणवत्ता वाले होंगे

राज्यों केन्द्र शासित प्रदेशों शहरी निकायों और लाभार्थियों के विशिष्ट् योगदान को सम्मानित करने के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने इस योजना को लागू करने में उत्कृष्टता के वार्षिक पुरस्कारों की शुरूआत की है

केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉ रमेश पोखरियाल निशंक ने अपने टिवटर हैंडल पर सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं की तारीख घोषित की है

सीबीएसई जल्द ही दोनों कक्षाओं के लिए बोर्ड परीक्षा की विस्तृत कार्यकम जारी करेगा

निर्यातित उत्पाद छूट केन्द्र सरकार ने निर्यात को बढावा देने के लिए निर्यात किए गए सभी सामान पर निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और कर में छूट की योजना का फायदा देने का फैसला किया है योजना के तहत केंद्र और राज्य सरकार लिए गए कर और स्थानीय कर की राशि निर्यातकों को वापस लौटायी जाएगी रिफंड को निर्यातक के बही खाते में सीमा शुल्क के साथ जमा किया जाएगा और आयातित वस्तुओं पर मूल सीमा शुल्क का भुगतान के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा इस राशि को अन्य आयातकों को भी हस्तांतरित किया जा सकता है पूर्व वाणिज्य और गृह सचिव जीके पिल्लई की अध्यक्षता में एक समिति की सिफारिश के आधार पर निर्यातित उत्पादों की दरों को जल्द ही वाणिज्य विभाग द्वारा अधिसूचित किया जाएगा

नव वर्ष के आगमन पर मान्यताओं और परम्पराओं के अनुसार लोग एक दूसरे को बघाईयां देते हैं और अपना हर्षोल्लास व्यक्त करते हैं

उधर राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के अन्य शहरों में लोगों ने बीती रात्रि में नववर्ष का स्वागत हर्षोल्लास के साथ किया कई जगह पटाखे फोड़े गये और लागों ने एक दूसरे को बधाईयां दी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के नागरिकों को नववर्ष की बधाई देते हुए कहा कि मध्यप्रदेश आने वाले वर्षों में विकास के क्षेत्र में अलग पहचान बनाएगा आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को पूरा करने में मध्यप्रदेश आगे रहेगा प्रदेश वासी कोरोना को देखते हुए नव वर्ष का स्वागत अपनी अपनी तरह से कर रहे हैं प्रदेश को पचमढ़ी बांधवगढ़ सहित विभिन्न पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की भारी भीड़ देखी जा रही है

फास्टैग सुविधा शुरू होने से यात्रियों को टोल प्लाजा पर नकद भुगतान के लिए रूकना नहीं पड़ेगा इससे समय और ईधन की बचत होगी

देश में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के सभी टोल प्लाजा पर अनिवार्य रूप से और तीस हजार से अधिक अन्य जगहों पर फास्टैग बिक्री के लिए आसानी से उपलब्ध हैं फास्टैग को ऑनलाइन भी खरीदा जा सकता है

केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों से टीकाकरण के लिए पर्याप्त तैयारियां सुनिश्चित करने को कहा है केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने इस तैयारी के लिए राज्यों के स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव और अन्य संबंधित लोगों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की सभी राज्यों की राजधानियों में कम से कम तीन स्थानों पर इस टीकाकरण अभ्यास को किया जाएगा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

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि केंद्र ने और पैंतीस करोड सीरिंज के लिए बोलियां भी आमंत्रित की हैं कोविड वैक्सीन के लिए सरकार ने तीस करोड लोगों को प्राथमिकता दी है जिनमें स्वास्थ्य कार्यकर्ता अग्रिम कार्यकर्ता और स्वच्छता कर्मचारी शामिल हैं

मौसम विभाग ने कहा है कि ताजा नया पश्चिमी विक्षोम पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र के साथ आसपास के इलाकों को भी प्रभावित करेगा इसकी वजह से उत्तर भारत में शीतलहर जारी रहेगी इन मौसमी बदलावों के कारण छह जनवरी तक हल्की बारिश या बर्फबारी का अनुमान है

मप्र में सबसे कम तापमान दतिया में दर्ज किया गया है जहां पारा तीन डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है ग्वालियर दतिया और ग्ना सहित कई भागों में कोहरा छाया रहा

जिसमें से चार सौ से अधिक युवाओं का चयन हुआ